महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में शिव मन्दिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है उधर मंडी शहर में ऐतिहासिक शिवरात्रि मेला कल से पहली जलेब के साथ शुरू होगा जिसका शुभारम्म मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में मुख्य देवता कमरूनाग अपने गुरों के साथ मंडी पहुंच गए हैं कांगड़ा ज़िले के बैजनाथ कस्बे में भी शिव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है शिव मंदिरों में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है और श्रद्धालु दूध बिल पत्र फल फूल और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं उधर मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों से शिवरात्रि महोत्सव की पहली जलेब में पारम्परिक परिधानों में शामिल होने का आग्रह किया है जिला प्रशासन ने महोत्सव में आने वाले लोगों से प्रदेश में कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने चंबा जिला के तीसा में हुई बस दुर्घटना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी की सुर्खी है बौंदेड़ी से चम्बा की तरफ जा रही थी बस खाई में गिरते ही उड़े बस के परखच्चे